शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सुरेश कश्यप ने शिमला में अपना नामांकन दाखिल किया मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के आश्रय शर्मा ने मंडी जबकि हमीरपुर से उम्मीदवार रामलाल ठाकुर ने हमीरपुर में नामांकन दाखिल किया कांगड़ा सीट से बच्चन सिंह राणा और चंद्रभान ने निर्दलीय उम्मीदवार जबकि निशा कटोच ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने मंडी धर्मेद्र पटियाल ने हमीरपुर संसदीय सीट से बतौर कवरिंग उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया इसके अलावा हमीरपुर सीट से ही बहुजन समाज पार्टी के देशराज ने भी अपना पर्चा भरा

मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि लोकसभा चुनावों में देश भर में पार्टी को भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है शिमला से पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप के नामांकन भरने के बाद आज शहर के चौड़ा मैदान में एक जनसभा में जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि चुनावों में देश भर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है और इसी बौखलाहट में वे अनाप शनाप व्यानबाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है जबकि कई दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस देश का विकास करने में विफल रही है वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार प्रेम कुमार धूमल सुरेश भारद्वाज राजीव सहजल प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत सहित अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे रैली दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा के नामांकन दाखिल करने के बाद पार्टी ने मंडी में परिवर्तन रैली का आयोजन किया इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज सभी को पुराने मतभेद भुलाकर एकजुटता से काम करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि मंडी उनका गृह क्षेत्र रहा है और आश्रय शर्मा के प्रचार के लिए वे दोबारा यहां आएंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे वहीं हमीरपुर से नामांकन दाखिल करने के बाद रामलाल ठाकुर ने कहा कि पार्टी बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है पार्टी ने इस अवसर पर रैली का भी आयोजन किया जिसे वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया कांग्रेस प्रचार इधर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल ने आज शिमला शहर में चुनाव प्रचार किया उन्होंने छोटा शिमला और कसुम्पटी में लोगों से पार्टी की नीतियों और विचार धारा को देखते हुए समर्थन मांगा कांगड़ा से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती को मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की सलाह दी है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जिस तरह की ब्यानबाजी इन दिनों कर रहे हैं उसका प्रदेश की राजनीति और संस्कृति में कोई स्थान नहीं है

चुनाव लाहौल लोकसभा चुनाव को देखते हुए लाहौल स्पीति जिले में हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है जिला पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी ने आज केलंग में बताया कि सीजनल चैक पोस्ट दारचा को खोल दिया गया है और सरचू चैक पोस्ट बाराचाला दर्रा खुलने के बाद स्थापित की जाएगी उन्होंने कहा कि एक अस्थाई चैक पोस्ट सिस्सू के पास स्थापित की गई है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की राज्य स्तरीय कमेटी की अध्यक्ष राजवंत संधू ने आज बिलासपुर में हुई बैठक में कचरा प्रबंधन प्रगति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करने के लिए लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन के लिए विभागों को आपसी तालमेल से कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है ताकि स्वच्छ वातावरण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण किया जा सके मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर आज प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए ऊना जिले के टक्का में हुए जागरूकता शिविर में स्कूली बच्चों को मलेरिया व इसकी रोकथाम के बारे में जागरूक किया गया

उन्होंने कहा कि मलेरिया के कारण लोगों की मौत न हो इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे है उन्होंने कहा कि प्रदेश में मलेरिया के मच्छर मुख्य रूप से हमीरपुर ऊना सोलन कांगड़ा बिलासपुर और मंडी जिलों में जून से सितम्बर तक पाए जाते हैं